उन्होंने कहा कि इन मरीजों में ऐसे लोग है जिन्हें डायलिसिस खून चढाने की जरूरत है या फिर जिन्हें सांस लेने संबंधी और हृदय रोग है

षिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाष जावड़ेकर को पत्र खिलकर राज्य के विद्यार्थियों तक शैक्षिक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए आकाषवाणी और दूरदर्षन पर निःषुल्क स्लॉट उपलब्ध कराने का आग्रह किया है श्री डोटासरा ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में प्रदेष के षिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न नवाचार अपनाते हुए विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन लाइव सैषन सोषल मीडिया के माध्यम से ई कंटेन्ट उपलब्ध कराया जा रहा है इसके साथ ही राज्य सरकार आकाषवाणी तथा दूरदर्षन चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों तक पाठ्यकम और षिक्षकों की पहुंच सुनिष्वित करना चाहती है राज्य में कोरोना सकंमण से बचाव और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये सरकार विभिन्न संगठन और कलाकार लगातार प्रयास कर रहे हैं प्रदेश के भपंग वादक युवा लोक कलाकार युसुफ खान ने अपने एक गीत के माध्यम से लोगों को लॉक डाउन का गंभीरता से पालन करने के लिये प्रेरित किया है श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संकमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें

आज विश्व धरोहर दिवस है इस मौके पर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को बधाई दी है एक ट्वीट में श्री नायडू ने लोगों से अपनी विरासत संस्कृति और सभी स्मारकों को सुरक्षित और संरक्षित रखने का संकल्प लेने का आहवान किया श्री नायडू ने युवकों से भारत की गौरवशाली धरोहर के बारे में ज्ञान बढ़ाकर लॉकडाउन अवधि का सकारात्मक उपयोग करने को कहा